जयपुर के बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित एमएसएमई कॉनक्लेव में आए उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि देश में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है राज्य सरकार अपनी नीतियों तथा योजनाओं के माध्यम से उन्हें संबल देने में कोई कमी नहीं र्छाड़ेगी राज्य सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्हें निवेश के लिए अच्छा वातावरण देगी

मुख्यमंत्री ने इसके बाद जयपुर के एमएनआईटी परिसर में आयोजित राजस्थान इनोवेशन एण्ड स्टार्टअप एक्सपो में भाग लिया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नये स्टार्टअप के लिए सरकार युवाओं का सहयोग करेगी और उनके सुझाव पर भी विचार किया जाएगा

प्रलिस अधिकारियों ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदर्शनकारियों को लालकिला और मंडी हाउस के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है उधर बिहार बंद के दौरान रेल और बस सेवाएं बाधित रहीं बंद समर्थकों ने पटना तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस कानून के खिलाफ बैनर और पोस्टरों के साथ प्रदर्शन तथा नारेबाजी की इधर प्रदेश के अजमेर में आज कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने आजाद पार्क में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के समर्थन में जन समर्थन रैली का आयोजन किया उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस कानून को प्रत्येक राज्य में लागू कराने की पहल करने की मांग की श्रीगंगानगर में भी इस कानून के समर्थन में जुलूस निकाला गया जयपूर में स्टेच्यू सर्किल पर भी युवाओं द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली गयी भारतीय जनता पार्टी कल अधिनियम के समर्थन में जयपूर में रैली और जनसभा करेगी

उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सशस्त्र बलों का योगदान अनुकरणीय है

विशेष लोक अभियोजक श्रीचंद ने बताया कि अदालत ने आज चार दोषियों के लिए सजा के अनुपात पर बहस सुनी और कल शाम फैसला सुनाना तय किया है गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले में पांच आरोपियों में से कल चार आरोपियों को दोषी ठहराया था और एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गृप्ता ने यह पुरस्कार प्राप्त किया इस पुरस्कार के लिए राजस्थान का चयन पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेशभर में पूरे हो चुर्के और प्रगतिरत सड़क निर्मोण कार्यो तथा मेंटेनेंस कार्यो की उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया गया

आरोपी ने यह राशि परिवादी से उसकी दुकान के आगे वाहन और सामान रखे रहने की एवज में मांगी थी

हादसे में घायल हुए खलासी की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गयी पुलिस ने वहां पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया

मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू चार डिग्री सैल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा भीलवाड़ा और चूरू में पांच देशमलव चार सवाईमाधोपुर में पांच दशमलव आठ सीकर और चित्तौड़गढ में छह उदयपूर में छह दशमलव पांच जयपूर में सात और जैसलमेर में दस दशमलव आठ डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया